प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये राष्ट्र को समर्पित किया इन परियोजनाओं में पारादीप हल्दिया दुर्गापुर गैस पाइपलाइन संवर्धन परियोजना और पूर्वी चम्पारण और बांका में रसोई गैस भरने वाले दो संयंत्रों की स्थापना की परियोजनाए शामिल हैं रसोई गैस भरने के इन संयंत्रों से राज्य की रसोई गैस की बढ़ती हुई मांग पूरी होगी

दोनों संयंत्रों की परिकल्पना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत की गई थी श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत आठ करोड़ लोगों को रसोई गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं कोरोना काल में मुफ्त दिए गए गैस सिलेंण्डर गरीबों के लिए वरदान साबित हुए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय सहित अन्य नेताओं ने शोक प्रकट किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ रघ्वंश प्रसाद सिंह एक सरल हदय जननेता थे उनका निधन एक अप्रणीय क्षति है विधायक सरयू राय ने अपने शोक संदेश में कहा कि डॉ रघवंश प्रसाद सिंह एक समाजवादी पृष्ठभूमि के ईमानदार नेता थे उन्होंने कभी सिद्दांतों से समझौता नहीं किया श्री राय ने कहा कि वे हमारे घनिष्ठ मित्रों में से एक थे वर्तमान समय में बिहार की राजनीति में उनकी सेवा की जरूरत थी

वह म्यांमार का निवासी है इसकी जानकारी आज सुबह जेल प्रशासन को मिली जेल और जिला प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हजारीबाग जिले की सीमा को सील करते हुए फरार बंदी की खोजबीन शुरू कर दी है जिले के पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस जेल परिसर पहुंचे और जेल अधीक्षक कुमार चंद्रशेखर से पूरी घटना की जानकारी ली उन्हें बताया गया कि फरार बंदी डिटेंशन सेंटर के कमरे की खिड़की का रॉड काटकर फरार हआ फरार बंदी के साथ तीन अन्य बांग्लादेशी भी डिटेंशन सेंटर में रह रहे हैं हालांकि तीनों डिटेंशन सेंटर में मौजूद हैं जेल अधीक्षक कमार चंद्रशेखर ने बताया कि फरार होने वाले म्यांमार के बंदी का नाम मोहम्मद अब्दल्ला है अवैध रूप से घसपैठ करने के मामले में मोहम्मद अब्दल्ला सहित अन्य तीन बांग्लादेशी नागरिकों को रेलर्व पुलिस ने पकड़ा था

यह ड्राइव सोलह से अट्ठारह सितंबर तक चलेगा इस दौरान एक लाख लोगों की जांच का लक्ष्य रखा गया है इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक रवि शंकर शुक्ला ने पूर्वी सिंहभूम रांची धनबाद कोडरमा रामगढ़ सरायकेला हजारीबाग बोकारो पश्चिमी सिंहभूम देवघर और सिमडेगा जिले को पत्र भेजकर जांच के लिए पूरी तैयारी करने का निर्देश दिया है अभियान निदेशक ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन और हॉट स्पॉट क्षेत्र के लोगों की विशेष रूप से जांच की जाएगी पॉजिटिव पाये जाने पर उसके सम्पर्क में आने वाले प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के लोगों की जांच की जाएगी इस विशेष अभियान के दौरान घनी आबादी और झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अलावा हाट बजार फल सब्जी बिकेता रेस्टोरेंट और हॉटल कर्मियों की भी कोरोना जांच की जाएगी अभियान निदेशक ने जिले के उपायक्तों को सुझाव दिया है कि इस विशेष कोरोना जांच अभियान के दौरान कोरोना कार्य में लगे कर्मियों निगम के सफाई कर्मियों डयूटी में तैनात पुलिस कर्मियों और एम्बुलेंस चालकों की भी कोरोना जांच की जाएगी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

वैसे कई पार्टियों के लोगों ने संपर्क किया था लेकिन यहां पर दो गठबंधनों के बीच संघर्ष होगा उन्होंने कहा कि अगले चुनाव तक भारतीय जनमोर्चा को चुनाव आयोग से मान्यता मिल जाने पर वह ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से टिकट देंगे र्जा ईमानदार और कर्मठ हों चाहे वह किसी भी पार्टी के सदस्य कार्यकर्ता या नेता हों

राज्य के बारह जिलों के लगभग दो हजार से अधिक पुलिसकर्मी स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर कल से राजधानी रांची के मोराहाबादी मैदान में आंदोलन कर रहे हैं प्रदर्शन को देखते हए प्रलिसकर्मियों को मोराहबादी मैदान में ही रोक दिया गया है प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री आवास से लेकर राजभवन जानेवाले सभी रास्तों पर जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है आंदोलन में शामिल पुलिसकर्मियों को डीआइजी और रांची एसएसपी के पास वार्ता के लिए बुलाया गया था लेकिन उनकी मांगों पर कोई सहमति नहीं बन पायी इधर सहायक पुर्लिसकर्मियों का कहना है कि ंजबतक मामले में मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं होती और कोई ठोस कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिल जाता वे आंदोलन पर डटे रहेंगे इधर आज दोपहर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों से मुलाकात की श्री मरांडी ने कहा कि सरकार द्वारा आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठी चार्ज कराना गैर जिम्मेदाराना कदम है सरकार को सहायक ेपुलिसकर्मियों की मांगों पर विचार करना चाहिए राजधानी रांची के पच्चीस केंद्रों सहित राज्य के अन्य सभी परीक्षों केंद्रों पर राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन किया गया परीक्षा दोपहर दो बजे से पांच बजे तक ली गई रांची स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की उपस्थिति अच्छी रही कोरोना संक्रमण को देखते हए सभी केंद्रों पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे सभी परीक्षा केन्द्रों में सैनिटाइजेशन से लेकर सामाजिक दूरी बनाए रखने की व्यवस्था की गई थी विद्यार्थियों को प्रति बेंच एक की संख्या में बैठाया गया था प्रवेश द्वार पर परीक्षार्थियों को अलग से मास्क दिया गया वहीं प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर दो रजिस्ट्रेशन रूम बनाए गए थे रांची के कैरली स्कूल में बनाये गए नीट परीक्षा केंद्र के परीक्षार्थियों के बीच कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई की प्रदेश इकाई की ओर से कोरोना सुरक्षा किट सामग्री का वितरण किया गया एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष इंदरजीत सिंह ने कहा कि कोरोना संकमण के दौरान प्रवेश परीक्षा का आयोजन कर विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है राज्य में बच्चों और किशोरियों को पौष्टिक आहार और पर्याप्त पोषण के प्रति जागरूक करने के उददेश्य से सितम्बर माह में विभिन्न स्तरों पर अभियान चलाया जा रहा है

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति लोकनाथ प्रसाद की जनसंख्या के आधार पर पचास प्रतिशत अनुशंसा संबंधी मामले के बाद गोड्डा जिले में सभी दलों के पिछड़े वर्ग के नेताओं ने गोलबंद होना शुरू कर दिया है

बैठक में कहा गया कि चुनाव के पूर्व झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने भी इस बात का समर्थन किया था पूर्व विधायक प्रशांत कमार ने सरकार से पिछड़ा वर्ग को उचित आरक्षण देने की मांग की वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम नंदन मंडल ने भी सरकार को याद दिलाया कि जेएमएम के घोषणा पत्र में भी पिछड़ों को अधिक आरक्षण देने की बात कही गई थी झामुमो के घनश्याम यादव राष्ट्रीय जनता दल के जयप्रकाश यादव सहित अन्य नेताओं ने भी सरकार से पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को चौदह प्रतिशत से बढ़ाने की मांग रखी हजारीबाग में भी आंगनबाड़ी स्तर पर बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए कई गतिविधियां की जा रही हैं आंगनबाड़ी सेविकाओं की ओर से बच्चों की वृद्धि निगरानी रिपोर्ट तैयार की जा रही है ताकि बच्चों के पोषण के स्तर को मापा जा सके चतरा जिले की सदर पुलिस ने अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हए चार अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र के गेरी गांव में छापेमारी कर पुलिस ने एक सौ पांच बोरे में रखे गए बीस क्विंटल से अधिक अफीम पाउडर सहित अन्य सामान बरामद किये हैं